राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है

इससे पहले कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन तलाक को दण्डनीय अपराध बनाने के अध्यादेश को मंजूरी दी थी इसमें तीन तलाक के जरिए वैवाहिक संबंध विच्छेद करने वाले व्यक्ति को तीन साल की सजा का प्रावधान है कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अध्यादेश के तहत पीड़ित महिला या उसके सगे संबंधियों द्वारा पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पर ही तीन तलाक को अपराध माना जाएगा

श्री प्रसाद ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट पीड़िता की बात सुनने के बाद उचित आधार पर आरोपी को जमानत दे सकेगा बच्चों को पत्नी को सुपुर्द किया जाएगा और उसे अपने तथा बच्चों के भरण पोषण का खर्च पाने का हक होगा जिसका निर्धारण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा श्री प्रसाद ने कहा ये अध्यादेश देश हित में लाया गया है यह अध्यादेश देश की नारी के इंसाफ के लिए लाया गया है मैं अपील करूंगा कि वोट बैंक की चाहरदीवारी से ऊपर उठकर इंसानियत और इंसाफ से लिए समर्थन हो

श्रो मोदी ने सरकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करके ग्रामीणों के जीवन म गुणात्मक सुधार लाने के लिए उनका उत्साहवर्धन किया प्रधानमंत्री न उनकी दक्षता और समर्पण की सराहना की और उन्हें याद दिलाया कि कालाजार जैसी बीमारियों के उन्मूलन में उनके द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स भी कर चुके है आशा कार्यकत्रिया ने हाल ही में अपने पारिश्रमिक भत्ता बढ़ाने और बीमा योजना का लाभ दिये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसके लिए प्रधानमंत्रो को धन्यवाद दिया इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा भी उपस्थित थे केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है तथा केन्द्र सरकार की कोई भी योजना तभी सफल होगी जब वह उत्तर प्रदेश में सफल होगी आज प्रदेश के ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि केन्द्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विद्युतीकरण की दिशा में जो कार्य किया गया है वह प्रशंसनीय है

सरकार ने विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ा दी ह बढ़ी दरें अगले महीने से लागू होंगी

पांच वर्ष के नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट और पब्लिक प्रॉविडेंट फंड योजना पर ब्याज की दर मौजूदा सात दशमलव छह प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत कर दी गई है किसान विकास पत्र पर अब सालाना सात दशमलव सात प्रतिशत और स्ककन्या समृद्धि खाता योजना पर साढ़े आठ प्रतिशत ब्याज मिलेगा कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के दायरे में आने वाले बीमित व्यक्तियों के लिए एक नई योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को मंजूरी दे दी है श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई ईएसआईसी बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया श्री गंगवार ने बताया इस योजना की शुरूआत करने का कल फैसला लिया है जो कर्मचारी किसी कारणवश नौकरी से अलग हो जाते हैं उनको अगले तीन महीने तक हमारा मंत्रालय आर्थिक सहयोग देगा

इस योजना के तहत बेरोजगारी के दौरान और नया रोजगार मिलने तक राहत राशि सीधे बीमित व्यक्ति के खाते में भेज दी जाएगी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

राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है यह समाज के लिये शुभ संकेत है और यह यह नारी सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी है

उन्होंने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार बुन्देलखंड के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है

समारोह में इस वर्ष पचपन हजार दो सौ तिहत्तर छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि स्वच्छता को जीवन का अनिवार्य अंग बनाया जाये जब तक हम इसे जनआन्दोलन का रूप नहीं देंगे तब तक प्रधानमंत्री के सपनो को साकार नहीं किया जा सकेगा श्री खन्ना ने मेरठ में सौ दिन के नाला सफाई अभियान की सराहना की नगर विकास मंत्री कल लखनऊ के नगरीय निकाय निदेशालय में स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार उन्नीस की रूप रेखा साझा करने के लिए प्रथम कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पन्द्रह नवम्बर से पन्द्रह दिसम्बर तक स्वच्छता अभियान चलाया जायेगा इसके लिए रैलियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को जागरूक किया जायेगा इस बीच लखनऊ के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने आज बताया कि दो अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जायेगा जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम पुरस्कार के रूप में डेढ़ लाख द्वितीय पुरस्कार के रूप में एक लाख और तृतीय पुरस्कार के रूप में पचास हजार रूपये की राशि चयनित ग्राम पंचायतों को दी जायेगी प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में अन्य विभागों द्वारा किये जा रहे सम्मिलित निरोधात्मक एवं उपचारात्मक प्रयासों के कारण प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संक्रामक रोगों की स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में हैं श्री सिंह ने कल पत्रकारों को बताया कि बरेली जिले में बुखार के कारण चौबीस बदायूं में तेईस लोगों की मौत हो गई है जबकि दोनों जिलों में एक सौ छत्तीस मौतें अन्य कारणों से हुई हैं इसी तरह हरदोई में बारह बहराइच में छह सीतापुर में आठ पीलीभीत में चार शाहजहांपुर में दो लोगों की मौत बुखार से हुई है श्री सिंह ने बताया कि बरेली जिले में संक्रामक रोग के नियंत्रण के लिए इक्यानवे टीमें सक्रिय है उनके द्वारा अब तक कुल तिरसठ हजार से अधिक बुखार के रोगियों की जांच एवं उपचार किया गया इन जांचों में कुल आठ हजार नौ सौ चौरासी रोगी मलेरिया धनात्मक पाये गये स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि टीमों के द्वारा रोगियों को समुचित उपचार प्रदान करने के साथ उनके घरों के आसपास समन्वित वैक्टर जनित रोग नियंत्रण का काम किया गया बरेली और बदायूं से जलजनित रोगों की पहचान के लिए कुल छह पानी के नमूने एकत्र किये गये तथा उनका परीक्षण प्रयोगशाला में किया गया आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अचानक मौसम में परिवर्तन देखा गया जौनपुर वाराणसी चन्दौली मिर्जापुर भदोही मऊ आजमगढ़ सोनभद्र फैजाबाद कुशीनगर और बलिया सहित कई जिलों में धूलभरी आंधी के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हुई किसानों ने धान की फसल के लिए इस वर्षा को लाभदायक बताया ह मौसम विभाग ने चौबीस से छब्बीस सितम्बर के बीच प्रदेश के मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्रों विशेषकर लखनऊ में धूलभरी आंधी के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई है मौसम विभाग के अनुसार राजधानी लखनऊ सहित सहारनपुर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद बरेली बदायूं बुलन्दशहर मेरठ अलीगढ़ और कासगंज में तेज बारिश होने का अनुमान है